सरकारी अस्पतालों में आपूर्ति करने के लिए मुजफ्फरपुर पूर्णिया और पटना के फतुहा के गोदामों में रखी गयी दवाओं में गड़बड़ी पाये जाने के बाद जांच के लिए पांच सदस्यीय कमिटी का गठन किया गया है बिहार मेडिकल सर्विसेज इंफ़ास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय कुमार सिंह ने बताया कि दवाओं की आपूर्ति में गड़बड़ी मिलने के बाद गोदाम में स्टॉक की जांच करायी जा रही है राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए विशेष न्यायालयों में विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की जायेगी साथ ही सभी भूमिहीन अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवारों को जमीन उपलब्ध करायी जायेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति और जनजाति राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक में यह निर्देश दिया उन्होंने विशेष अदालतों में इच्छुक और योग्य अधिवक्ताओं को दायित्व सौंपने तथा अयोग्य विशेष लोक अभियोजकों को दायित्व से मुक्त करने का भी निर्देश दिया जिससे लंबित कांडों के निष्पादन में तेजी लायी जा सके सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत वैसे लोगों को जिन्हें आवास का आवंटन हुआ है लेकिन उनके पास जमीन नहीं है उन्हें जमीन खरीदने के लिए राज्य सरकार साठ हजार रपए मुहैया करा रही है सिखों के पहले गुरु और सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव जी की पांच सौ पचासवीं जयंती प्रकाश पर्व के रूप में आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनायी जा रही है इस अवसर पर आज पटनासिटी के तख्तश्री हरिमंदिर साहिब स्थित ग्रू घर के विशेष दीवान में मूख्य समारोह और कवि दरबार आयोजित किया गया है सुबह से ही कथावचन और कीर्तन चल रहा है दोपहर में अटूट लंगर का आयोजन किया गया है तीन दिनों से चल रहे अखंड पाठ का समापन देर रात होगा इसके बाद श्रद्धालओं को गुरूनानक देव जी के जन्म की कथा सुनायी जायेगी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए देश विदेश से श्रद्वालु पटना साहिब पहुंचे हैं प्रदेश के विभिन्न गुरूद्वारों में भी कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं गूरु नानक देव जी का जन्म वर्ष पन्द्रह सौ छब्बीस में कार्तिक महीने में पूर्णिमा के दिन हुआ था प्रत्येक वर्ष इस दिन गुरुनानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया जाता है गुरु नानक देव जी एक दार्शनिक समाज सुधारक चिंतक और कवि थे आज के दिन श्रद्वालु विभिन्न स्थानों पर लंगर आयोजित करते हैं गूरु नानक देव जी की पांच सौ पचासवें प्रकाश पर्व पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रदेश के राज्यपाल फागु चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देशवासियों को बधाई दी है से कार्य कर रहा ह कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आज प्रदेश में गंगा समेत विभिन्न नदियों के घाटों पर सुबह से ही श्रद्वालु पवित्र स्नान कर रहे हैं गंगा और गंडक नदी के संगम पर स्थित हरिहर क्षेत्र में कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिये मिथिलांचल मगध और आसपास के क्षेत्रों से श्रद्वालुओं के आने का सिलसिला जारी है स्नान के बाद गरीबों के बीच दान पुण्य करने की परम्परा है इस अवसर पर कई स्थानों पर मेलों का भी आयोजन किया गया है कार्तिक पूर्णिमा को देखते हुए रेलवे ने भी पटना दानापूर पाटलिपूत्र जंक्शन राजेन्द्र नगर और सोनपुर स्टेशन पर विभिन्न ट्रेनों के ठहराव के प्रबंध किये हैं इधर बेगूसराय से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि सिमरिया गंगा घाट पर भी पवित्र स्नान के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है राजधानी पटना में सड़क किनारे चूल्हे पर खाना बनाने वाले दूकानदारों को मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन दिया जायेगा पटना प्रमंडल के आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इन चूल्हों के कारण वायु प्रद्षण में बढ़ोतरी होती है उन्होंने कहा कि ऐसे द्रकानदारों की सूची बनायी जा रही है श्री अग्रवाल ने बताया कि कल से दूकानदारों को तत्काल गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जायेगा आज लोक सेवा प्रसारण दिवस है यह दिवस वर्ष उन्नीस सौ सैंतालीस में बारह नवंबर को आकाशवाणी दिल्ली के स्ट्रडियो में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रथम और अंतिम आगमन की स्मृति में प्रतिवर्ष मनाया जाता है उस दिन राष्ट्रपिता ने विभाजन के बाद अस्थायी रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रखे गए विस्थापित लोगों को आकाशवाणी से संबोधित किया था

मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि अब इन ट्रेनों में चौबीस बोगियां होंगी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने वर्ष दो हजार इक्कीस में होने वाली इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए पंजीकरण और शुल्क जमा करने की तिथियों की घोषणा कर दी है छात्र कल से तीस नवम्बर के बीच पंजीकरण और निर्धारित शुल्क जमा कर सकते हैं बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि नियमित कोटि के छात्रों के लिए पंजीकरण शुल्क तीन सौ सत्तर और स्वतंत्र कोटि के छात्रों के लिए छह सौ सत्तर रूपये निर्धारित किये गये हैं प्रदेश में बीस नवम्बर के बाद मौसम में बदलाव होने की संभावना है मौसम विभाग ने कहा है कि इसके बाद ठंड में बढ़ोतरी होगी मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में बुलबुल और अरब सागर में महातूफान होने के कारण लो प्रेसर एरिया बना हुआ है जिससे दिन में ठंड का अहसास नहीं हो रहा है जमुई जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र अन्तर्गत नवाबगंज में कल देर रात एक यात्री बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से बारह लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये सीतामढी जिले में तीन हजार नौ सौ उन्नीस बोतल विदेशी शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है आयकर विभाग ने बोधगया में स्थित बुद्धिस्ट थाई भारत सोसायटी के नाम पर खरीदी गयी थाईलैंड के एक व्यवसायी की लगभग सत्रह करोड़ रूपये की साढ़े चार एकड़ जमीन को जब्त कर लिया है आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है सरकारी नौकरियो में बढ़े सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा दैनिक जागरण ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर जारी राजनीतिक गतिविधि पर शीर्षक दिया है भाजपा को छोड़ने पर भी शिवसेना खाली हाथ राकांपा को न्योता दैनिक भास्कर ने ट्रकों से अवैध वसूली करने के आरोप में पैंतालीस पुलिसकर्मियों के निलंबन की खबर को बड़े शीर्षक से प्रकाशित किया है प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है आठवीं में पढ़ाई जायेगी मौलाना अबुल कलाम की जीवनी